मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि राज्य आपदा मोचन निधि को शत प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा पोषित किया जाए उन्होंने आयोग से प्रदेश को प्राप्त राजस्व घाटा अनुदान प्रदान करने की सिफारिश करने का मी अनुरोघ किया इससे न केवल राजस्व घाटे को कम किया जा सकेगॉ बल्कि राज्य के पास खर्च के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होगा मेंट इस बीच मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की इस दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुददों पर चर्चा की गई केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र सांसद रामस्वरूप शर्मा किशन कपूर और सुरेश कश्यप भी इस दौरान मौजूद रहे

इसके अलावा एक हजार किलोमीटर सड़कों को पक्का व स्तरोन्नत करने का प्रस्ताव है स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कांगडा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र में आज भाडल देवी कथियाड़ा सड़क के लोकार्पण अवसर पर ये जानकारी दी परमार ने कहा कि सुलह क्षेत्र में सडकों पुलों और भवनों के निर्माण पर सौ करोड रूपये खर्च किए जा रहे हैं इस मौके पर उन्होंने जनसमस्याएं भी सनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने लायन्स क्लब के सहयोग से न्यू शिमला में खोले गए डायलिसिस सेंटर का आज शुभारम्म किया उन्होंने कहा कि इस सेंटर के खुलने से शिमला व आसपास के लोगों को किफायती दरों पर डायलिसिस सुविघा उपलब्ध होगी उन्होंने कहा कि क्बल द्वारा निर्घन व उपेक्षित वर्गो के कल्याण के लिए समय समय पर अनेक गतिविधियां चलाई जाती हैं

सोलन में आज पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ये साहसिक फैसला है जिससे निश्चित रूप से कश्मीर का कायाकल्प हो सकेगा उन्होंने कहा कि अब स्थानीय युवा आतंकवाद की ओर नहीं जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा से कार्य करेगा बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन क्षेत्र के राजकीय विद्यालय रामा में आज खेल भैदान का लोकार्पण किया उन्होंने छात्रों की खेलकृद प्रतियोगिता का भी शुभारम्भ किया बिंदल ने कहा कि खेलों से जहां शारीरिक व मानसिक विकास होता है वहीं अनुशासन और प्रतिस्पर्धा की भावना भी उत्पन्न होती है उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत ढांचे का सुजन किया जा रहा है उधर हमीरपुर की खंडस्तरीय खेलों का विधायक नरेन्द्र ठाकर ने ब्राहलड़ी में शुभारंभ किया

समिति विधानसभा की लोक लेखा सभिति ने आज हमीरपुर में विभिन्न विभागों के ऑडिट पर विस्तृत चर्चा की ये समिति इन दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रवास पर है समिति की समापति आशा कुमारी ने विमागों को सरकार द्वारा आबंटित की गई राशि का सही उपयोग करने पर बल दिया उन्होंने उम्मीद जताई कि बैठक के सार्थक परिणाम सामने आएंगे हिमऊर्जा राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद हिमऊर्जा ने प्रदेश में सोलर वाटर हीटर की बुकिंग शुरू कर दी है हिमऊर्जा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृतिका कृलहरी ने बताया कि संयंत्र लगाने के लिए उपमोक्ता अपने जिले के हिम ऊर्जा कार्यालय में बुकिंग करवा सकते हैं सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी सोलर हीटर लगाने के बाद उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा होगी आवेदन पत्र हिमऊर्जा की वैबसाईट से डाउनलोड किए जा सकते हैं पुरस्कार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए मंडी शिमला और सिरमौर ज़िलों को कल राष्ट्रीय प्रस्कार से नवाजा जाएगा केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाले एक समारोह में ये प्रस्कार प्रदान करेंगी मंडी जिले को इससे पहले भी अभियान में प्रभावी सामुदायिक सहभागिता के लिए इसी वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि ॅज़िले में बेटियों के सशक्तिकरण और लैंगिंक असंतुलन को दूर करने की दिशा में जनसहयोग से प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है दुर्घटना चंबा जिले में किलाड़ के शतवानी नामक स्थान पर एक वाहन के गहरी खाई में गिर जाने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई मृतकों में वाहन चालक सहित दो महिलाएं शामिल हैं